और आइए बढ़ते हैं अब समाचारों की ओर मध्प्र विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आज आएंगे सुबह आठ बजे से मतों की गिनती शुरू हो गई है

मतगणना केंद्र पर कोविड गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है मतगणना केंद्र में प्रवेश के पहले थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सैनिटाइजर साबुन और पानी की व्यवस्था की गई है

इस उपचुनाव में लगभग इकहत्तर प्रतिषत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है

पश्चिम बंगाल असम केरल तमिलनाडु और केन्द्रेशासित प्रदेश पुद्दचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना आज सुबह आठ बजे से शुरू हो गयी है

मतदान के रूझान और परिणाम निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे निर्वाचन आयोग ने कोविड महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए मतगणना केन्द्रों पर कोविड के कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं राज्य चुनाव अधिकारी को कोविड दिशा निर्देशों को लागू करने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है निर्वाचन आयोग ने विजय जुलूसों पर पहले ही प्रतिबंध लगा दिया है प्रमाणपत्र प्राप्ती करने के लिए विजयी प्रत्याशी के साथ केवल दो लोग ही जा सकते हैं राज्य में पिछले चौबीस घंटे में छह हजार तीन सौ तेईस नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है इसमें सबसे ज्यादा एक हजार तीन सौ सतहत्तर रांची जिले में संक्रमित मिले हैं वर्तमान में प्रदेष में सकिय संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर अंठावन हजार चार सौ सैतीस हो गई है पिछले चौबीस घंटे में एक सौ उनसठ संकमितों की मौत हुई है वहीं चार हजार सात सौ सत्तर मरीज स्वस्थ भी हुए हैं कल इक्तीस हजार दो सौ पंचानवें सैंपलों की जांच भी हई राज्य में मरीजों के स्वस्थ होने की दर घटकर चौहत्तर दषमलव चार चार प्रतिषत पर पहुंच गई है जबकि मरीजो के स्वस्थ होने का राष्ट्रीय औसत इक्यासी दषमलव आठ शुन्य प्रतिषत है

इन उद्योगों को ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों में बदला जा सकता है मंत्रालय ने कहा कि मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन के लिए नाइट्रोजन संयंत्रों में आवश्यक सुधार की प्रक्रिया शुरू हो गई है इनमें से कुछ संयंत्र ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए नजदीकी अस्पतालों में ले जाए जा सकते हैं

राज्य कोविड रोकथाम उपायों के तहत जारी राशि का पचास प्रतिशत इस्तेमाल कर सकते हैं इनमें अस्पतालों में ऑक्सीजन उत्पादन और भंडारण संयंत्र लगाना वेंटिलेटर एम्बुलेंस सेवा मजबूत करना कोविड अस्पताल तैयार करना थर्मल स्कैनर व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जांच प्रयोगशाला और जांच किट की खरीद शामिल है वित्त मंत्रालय ने इस कोष की पहली किस्त निर्धारित समय से पहले जारी की है सामान्य तौर पर यह राशि जून के महीने में दी जाती है सरायकेला जिले में अनावश्यक रूप से ऑक्सीजन सिलेंडर का घर पर भंडारण करने वालों पर अनुमंडल पदाधिकारी राम कृष्णा कृमार द्वारा आम सूचना जारी कर कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है अनुमंडल पदाधिकारी ने इस संबंध में सभी प्रखंडों को पत्र जारी करते हुए निजी स्वास्थ्य संस्थानों को इस पर रोक लगाने का आग्रह किया है

इसके लिए को विन प्लेटफॉर्म तथा आरोग्य सेतु एप पर पंजीकरण कराये जा सकते हैं

केंद्र सरकार के टीकाकरण केंद्रों में स्वास्थ्य कर्मचारी अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और पैंतालीस वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों का निःशुल्क टीकाकरण पहले की तरह ही जारी रहेगा

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के पास उनासी लाख से अधिक कोविड टीके अब भी उपलब्ध हैं

देश में विश्व का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण अभियान सुचारू रूप से जारी है

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने दोहराया है कि सशस्त्र सेनाओं को सिविल प्रशासन की हरसंभव सहायता करनी चाहिए उन्होंने रक्षा मंत्रालय और तीनों सेनाओं के अधिकारियों से कहा कि विभिन्न उपायों की प्रगति पर नजर रखें

श्री सिंह को बताया गया कि विशेष उपायों के जरिये करीब छह सौ अतिरिक्त डॉक्टर जूटाये जा रहे हैं भारतीय नौसेना ने विभिन्न अस्पतालों में सहायता के लिए दो सौ बैटल फील्ड नर्सिंग सहायक तैनात किए हैं नेशनल कैडेट कोर ने महाराष्ट्र उत्तराखंड और हरियाणा में विभिन्न स्थानों पर तीन सौ कैंडेट और कर्मचारी तैनात किए हैं भारतीय सेना ने विभिन्न राज्यों में सात सौ बीस से अधिक बिस्तर सिविल लोगों के लिए उपलब्ध कराए हैं केन्द्र सरकार ने कोविड महामारी के कारण करदाताओं के लिए कुछ अनुपालन की समयसीमा बढा दी है

बोर्ड ने एक दस्तावेज जारी कर स्पष्ट किया है कि स्कूल विद्यार्थियों का मूल्यांकन कर उन्हें अंक किस प्रकार और किस आधार पर देंगे

सीबीएसई ने इस वर्ष की दसवीं की परीक्षा कोरोना महामारी को कारण रद्द करने और विद्यार्थियों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अंक देने का निर्णय लिया है प्रत्येक विद्यार्थी को आंतरिक मूल्यांकन में बीस में से मिले अंक यथावत बने रहेंगे ग्मला सदर थाना क्षेत्र के तैसेरा मोड़ के समीप देर रात मोटरसाइकिल सवार दो युवकों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई जबकि तीन युवक गंभीर रूप घायल हो गए हैं घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सूचना पुलिस की दी

सड़क दुर्घटना में जिन दो युवकों की मौत हुई है वे दोनों गुमला शहर के इस्लामपुर के रहने वाले बताये जा रहे हैं जबकि घायलों की शिनाख्त नहीं की जा सकी है आईपीएल क्रिकेट में आज नई दिल्ली में राजस्थान रायल्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा यह मैच दिन में साढे तीन बजे से शुरू होगा दूसरा मैच अहमदाबाद में शाम साढे सात बजे से पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा वहीं कल रात नई दिल्ली में मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को चार विकेट से हरा दिया